प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थिति जस की तस बनी हयी है नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों और उत्तर बिहार में लगातार हो रही बारिश के कारण कई नये इलाकों में पानी फैलने लगा है मुजफ्फरपुर के गायघाट में लखनदेई नदी पर बना रिंग बांध ट्रट गया है जिससे सैंकड़ों एकड़ खेत में लगी फसल ड्ब गयी है पश्चिम चंपारण जिले में लौरिया नरकटियागंज रोड पर बना डायवर्जन टूट गया है जिससे आठ पंचायत मुख्यालय से कट गये हैं कल शाम तक गंडक बराज से इक्यानवे हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया जिससे नये इलाकों में पानी प्रवेश कर गया है भीमनगर स्थित कोसी बराज से एक लाख छियासठ हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया जिससे कटिहार अररिया और सुपौल जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गयी है अररिया में फारबिसगंज कुर्साकांटा सड़क गाढ़ा गांव के पास ध्वस्त हो गयी है जिससे आवागमन बाधित है किशनगंज के धोबी भिट्टा एसएसबी कैंप से लेकर एनएच तीन सौ सत्ताईस ई को जोड़ने वाली सड़क गंगाई टोला के पास कट गयी है इधर दरभंगा सीतामढ़ी और शिवहर में भी बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार बाढ़ से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में अब तक एक सौ सत्ताईस लोगों की मौत हो चुकी है राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ एसडीआरएफ और एसएसबी की सत्ताईस टीमें लगी हैं इधर हमारे संवादाताओं ने खबर दी है कि राहत सामग्री वितरण में अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुये कई जगहों पर बाढ़ पीड़ितों ने हंगामा किया मूजफ्फरपूर जिले के कांटी थाना क्षेत्र के शादातपूर में हथियारबंद अपराधियों ने एक कुरियर कंपनी के कार्यालय से छब्बीस लाख रुपये लूट लिये पुलिस उपाधीक्षक कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि कंपनी के कार्यालय में देर शाम अपराधियों ने सभी कर्मियों को हथियार के बल पर बंधक बना कर घटना को अंजाम दिया अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी की जा रही है वहीं सारण जिले के भगवान बाजार थाना क्षेत्र में जीआरपी बैरक के पास अपराधियों ने एक व्यवसायी को गोली मारकर छह लाख रूपये लूट लिये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बिहार में संदिग्ध दिमागी बुखार से निपटने के लिये केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाये गये हैं एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने संदिग्ध दिमागी ब्रखार से जुड़ी याचिकाओं की आगे सुनवाई करने से इंकार कर दिया याचिकाकर्ता ने खंडपीठ से प्रदेश में डॉक्टरों के स्वीकृत पदों में से सतावन प्रतिशत खाली पड़े पदों को भरने के लिये राज्य सरकार को निर्देश देने का आग्रह किया इस पर खंडपीठ ने कहा कि कमी हर जगह है और इसे पूरा करना न्यायालय का काम नहीं है न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस संबंध में पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर करने को कहा पटना उच्च न्यायालय आज पटना में आमलोगों से जुड़ी समस्याओं को लेकर विशेष रूप से सुनवाई करेगा अवकाश का दिन होने के बावजूद विशेष कोर्ट लगेगा और मुख्य न्यायाधीश ए पी शाही खूद मामले की सुनवाई करेंगे एक जनहित याचिका में पटना में अतिक्रमण जलजमाव ड्रेनेज सिस्टम ट्रैफिक जाम पार्किंग की समस्या और वेंडिंग जोन जैसे मुद्दों के कारण आम लोगों को होने वाली परेशानियों की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया गया है मुख्य न्यायाधीश ने खुद कई मामलों का संज्ञान लिया है इस मामले में न्यायालय ने गृह नगर विकास और आवास राजस्व तथा भूमि सुधार पथ निर्माण स्वास्थ्य विभाग और विधि विभाग के प्रधान सचिवों को तलब किया है साथ ही पुल निर्माण निगम के चेयरमैन और पटना के ट्रैफिक एसपी को भी बुलाया गया है बरौनी एनटीपीसी के सातवें और आठवें यूनिट से अगस्त महीने से तीन सौ साठ मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो जायेगा एनटीपीसी के एजीएम ऑपरेशन बी पी मेहता ने बताया कि सातवें यूनिट से दो सौ पचास मेगावाट जबकि आठवें यूनिट से एक सौ दस मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा उन्होंने बताया कि इसके लिये परीक्षण का काम चल रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल दिन के ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा कार्यक्रम के उनतालीसवें संस्करण में श्री मोदी ने कहा था कि लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए भारत को स्वच्छ बनाने के प्रति योगदान करना चाहिए

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में व्यापक जनभागीदारी से भी परिवर्तन नजर आने लगा स्वच्छता सिर्फ सरकार करे ऐसा नहीं है हर नागरिक एवं नागरिक संगठनों की भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अब तक निन्यानवे दशमलव छह आठ प्रतिशत तक पहंच गई है वर्ष दो हजार चौदह में जब एनडीए सरकार सत्ता में आई थी तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता मात्र लगभग उनतालीस प्रतिशत ही थी रक्षा मंत्रालय ने युवाओं के बीच देशभक्ति के संचार के लिए करगिल युद्ध पर ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता आयोजित की है कल से आरंभ यह प्रतियोगिता अगले महीने की चार तारीख तक चलेगी माई जीओवी डॉट आईएन प्लेटफॉर्म पर हिन्दी और अंग्रेजी में आयोजित क्विज की अवधि पांच मिनट की होगी जिसमें अधिकतम बीस प्रश्नों के जवाब दिए जा सकेंगे आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार दस नकद पुरस्कार रखे गये हैं पहला पुरस्कार पच्चीस हजार रुपये दूसरा पंद्रह हजार रुपये और तीसरा दस हजार रुपये का होगा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने स्पष्ट किया है कि राज्यकर्मियों की सेवानिवृति की उम्रसीमा नहीं बढ़ायी जायेगी विधानसभा में एक गैर सरकारी संकल्प पर श्री मोदी ने यह भी कहा कि राज्य में पुरानी पेंशन प्रणाली को फिर से शुरू करने की कोई योजना नहीं है प्रदेश के बाढ़ प्रभावित मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी शिवहर दरभंगा और अररिया जिलों में पैक्स चुनाव सितंबर महीने के बाद होंगे राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने इन जिलों से मिले सुझाव के आधार पर ये फैसला किया है शेष जिलों में चुनाव पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगे अगस्त महीने के पहले सप्ताह में इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जायेगी बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिये ईपीएफ पेंशन स्कीम अगस्त महीने से लागू हो जायेगी बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल कैयूम अंसारी ने बताया कि इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया है जितनी राशि कर्मियों के वेतन से कटेगी उतनी ही राशि सरकार भी देगी पेंशन स्कीम लागू होने से प्रदेश के एक हजार नौ सौ बयालीस मदरसों के अठारह हजार से अधिक शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों को फायदा होगा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुयी वज्रपात की घटनाओं में नौ लोगों की मौत हो गयी है सबसे अधिक बक्सर में चार लोगों की मौत हयी है नवादा नालंदा शेखपुरा औरंगाबाद और भोजपुर में एक एक व्यक्ति की मौत की खबर है बेगूसराय जिले की पॉक्सो अदालत ने दो साल पुराने दुष्कर्म के एक मामले में दो लोगों को दस दस साल की सजा सुनाई है अदालत ने दोनों दोषियों पर बारह बारह हजार रुपये का जुर्माना भी किया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 हिन्द्रस्तान लिखता है पटना के लिये आज लगेगा विशेष कोर्ट पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कई जन समस्याओं का खूद लिया संज्ञान दैनिक जागरण की सुर्खी है मुख्यमंत्री ने कहा सभी बड़े पुलों का बनेगा हेत्थ कार्ड सेफ्टी ऑडिट भी होगा प्रभात खबर लिखता है बाढ़ से नुकसान व खर्च का आकलन कर केंद्र को भेजेंगे मोमोरेंडम सीएम दैनिक भास्कर ने लिखा है सांसद रमा देवी पर संसद में असंसदीय टिप्पणी के मामले में आजम खान माफी नहीं मांगने पर हो सकते हैं सस्पेंड आज की सुर्खी है येदियुरप्पा चौथी बार बने कर्नाटक के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को नोटिस भेजा करगिल विजय दिवस से जुड़ी खबरों को भी सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति में कोई सुधार नहीं